राज्य में कोरोना संक्रमितों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है

हजारीबाग में छह और धनबाद में दो मरीजों की पुष्टि हई है

यह अबतक का सर्वाधिक कोरोना मरीज मिलने का आंकड़ा है पिछले चौबीस घंटे में छत्तीस लोग स्वस्थ भी हुए हैं स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या दो हजार एक सौ चार हो गयी है वहीं कल दो लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया इस संकमण से राज्य में अबतक बाइस लोग अपनी जांन गवां चुके हैं इधर राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर घटकर उनहत्तर प्रतिषत हो गयी है राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है हालांकि राज्य सरकार की ओर से इसके प्रसार पर रोक लगाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं

वहीं धनबाद जिले के लगभग बीस पत्रकार भी संक्रमित हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो दिन पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर आयोजित गृह प्रवेश मेँ सम्मिलित हुए थे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री अपनी पुरी टीम के साथ होम क्वारंटाइन हो चुके हैं

दो लाख चौंसठ हजार नौ सौ चौवालिस लोगों का इलाज चल रहा है कोविड महामारी की रोकथाम के लिए स्वदेशी टीका कोवैक्सीन भी वैश्विक दौड़ में शामिल है

आईसीएमआर ने भारत बायोटैक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर ये टीका तैयार किया है जबकि जायडस कैंडिला नाम की कम्पनी जाइकोव डी नाम का टीका तैयार करने में लगी है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड लैब बनकर तैयार है आईसीएमआर की स्वीकृ ति मिलते ही इस लैब से कोरोना संक्रमण के मामलों की जांच शुरू हो जाएगी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ एसके सिंह ने बताया कि इस लैब के शुरू होने से गिरिडीह कोडरमा चतरा सहित आसपास के कई जिलों के लोगों को सुविधा मिलेगी उन्होंने यह भी कहा कोविड के साथ साथ अन्य माइक्रो बायोलॉजिकल डिजीज की जांच और इलाज के मामले में भी इस लैब के शुरू हो जाने से सुविधा मिलेगी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 प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम पीएमईजीपी का लाभ युवाओं को मिल रहा है युवा बैंक से लोन लेकर स्वरोजगार अपना रहे हैं युवा अगरबत्ती बनाकर जमशेदपुर के टेल्को साकची बिष्ट्पुर बारीडीह सोनारी सभी स्थानों पर बिक्री कर रहे हैं जहां इनके बनाये अगरबत्ती की अच्छी मांग है

रामगढ़ जिला प्रषासन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देष पर जिले की एथलीट गीता कुमारी को टाटा स्टील के सौजन्य से पचास हजार रुपए की आर्थिक मदद दिया आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एथलीट गीता कुमारी अपने माता पिता के साथ सब्जी बेच रही है आपको बता दें कि देश एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में एथलीट गीता ने आठ स्वर्ण पदक के साथ कई पदक हासिल की है इस दौरान उपायुक्त संदीप सिंह ने एथलीट गीता कुमारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रामगढ़ जिला में कई प्रतिभावान एथलीट खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन करने में सक्षम हैं जिला प्रशासन सभी को हरसंभव मदद देगा

कांग्रेस नेताओं ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम समेत अन्य व्यवसायी वर्ग को भी राहत देने की मांग की उन्होंने कहा कि जनहित को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के परिचालन की अनुमति दें प्रतिदिन कमाकर खानेवाले छोटे छोटे दुकानदारों को सरकार राहत दे आज सावन के तीसरे दिन भी दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना हुई मंदिर पूजारी सदाशिव पंडा ने सहयोगियों के साथ पूजन किया इधर कोरोना संक्रमण के कारण बाबा के मंदिर परिसर में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी है झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर बाबा बासुकीनाथ के प्रातःकालीन दिवाकालीन और सांध्य पूजन एवं आरती का प्रसारण सोशल मीडिया पर किया जा रहा है

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राज्यभर में हल्के से मध्यम बारिष का अनुमान लगाया है इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है विभाग ने ब्लू अलर्ट जारी किया है इधर पूरे राज्य में एक जून से छह जुलाई तक दो सौ अड़तालीस मिमी बारिश हुई है जो सामान्य तौर पर इस दौरान होने वाली बारिश से केवल तीन फीसदी कम है हालांकि राज्य के नौ जिलों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हुई है इनमें देवघर गुमला साहिबगंज पाकुड़ सरायकेला खरसावां सिमडेगा खूंटी कोडरमा गिरिडीह शामिल हैं इधर समय पर मॉनसून के दस्तक देने और पिछले एक माह में राज्य में हुई बारिश से इस साल खरीफ की अच्छी फसल के आसार हैं पूरे राज्य में मुख्य फसल धान समेत अन्य फसलों की बुआई तेजी पकडने लगी है कोरोना महामारी को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के सिलेबस में तीस प्रतिशत की कमी कर दी है देषभर के षिक्षाविदों से मिले सुझाव के आधार पर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कल शाम बोर्ड ने टिवटर पर इस संबंध में अधिसुचना भी जारी कर दी है इसके तहत एनसीआरटी से पढाई करवाने वाले बाईस राज्यों में यह लागू होगा साथ ही पहली कक्षा से आठवीं तक एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पढाई जारी रहेगी झारखंड अधिविद्य परिषद जैक बोर्ड की दसवीं की परीक्षा का परिणाम आज थोडी देर में जारी किया जायेगा षिक्षामंत्री जगन्नाथ महतो परीक्षा परिणाम को ऑनलाइन जारी करेंगे जैक के अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह के अनुसार दसवीं बोर्ड की परीक्षा में चार लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे परिक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम जैक की वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम जारी करने की सारी तैयारी पूरी कर ली गयी है मैट्रिक का रिजल्ट आमतौर पर मई महीने के दौरान जारी कर दिया जाता है लॉकडाउन के कारण इस वर्ष परिणाम आने में विलंब हो गया अब संक्षिप्त खबरें गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड के द्रपद पंचायत के हरलाटीकर गांव के एक वर्षीय व्यक्ति की नदी की तेज धार में बह जाने से मौत हो गई मृतक शाम में हाट गया था लौटने के क्रम में नदी के बहाव में फिसल कर गिर गया गिरिडीह जिले में नगर निगम ने बख्शीडीह रोड में कल दो प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर सैकड़ों किलो प्लास्टिक बैग जब्त किया सिटी मैनेजर रिचर्ड बी कंडुलना ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों से प्लास्टिक बैग जब्त किया गया है उनसे फाइन भी वसूला जाएगा खूंटी जिले में बढ़ती दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है